मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने कहा निर्धन व शोषितों को न्याय दिलाना न्यायपालिका का मख्य कार्य

मेंट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की उन्होंने प्रधानमंत्री से केन्द्रीय सहायता प्राप्त विभिन्न परियोजनाओं को लेकर विचार विमर्श किया मुख्यमंत्री ने लंबित परियोजनाओं को जल्द स्वीकृति सहित राज्य सरकार को उदार सहायता प्रदान करने को भी आग्रह किया मुख्यमंत्री ने इसी माह हुई ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के शुभारंभ पर धर्मशाला आने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया इस दौरान प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया आग्रह इस बीच मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट की और राज्य सरकार की बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया उन्होंने शिमला मनाली व धर्मशाल रज्जू मार्गों सहित वन प्रबंधन योजनाओं को लेकर भी केन्द्रीय मंत्री से चर्चा की केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे

ये जानकारी सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकर ने मंडी जिले के धर्मप्र विधानसभा क्षेत्र में आज विभिन्न स्थानों पर आयोजित जनसभाओं में दी उन्होंने कहा कि इस सड़क के निर्माण कार्य में जिन लोगों की ज़मीन और घर आ रहे हैं उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि धर्मपुर क्षेत्र के प्रत्येक गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश को नशा मुक्त व स्वच्छ बनाने के लिए युवाओं में संकल्प शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया है वे आज सोलन जिले के वाकनाघाट स्थित एक निजी विश्वविद्यालय के छात्रों के साथ विचार विमर्श सत्र में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहकर ही युवा अपने परिवार और राष्ट्रहित की दिशा में पूरा योगदान दे सकते हैं इंद्रधनुष केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सघन मिशन इंदघनुष अभियान के दूसरे चरण को लेकर आज चर्चा की इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने बताया कि इस अभियान के तहत प्रदेश के चंबा जिले को चिन्हित किया गया है उन्होंने कहा कि ज़िले में सघन मिशन इंद्रधनुष अभियान आगामी दिसम्बर माह के पहले सप्ताह में शुरू किया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री बताया कि अभियान का मुख्य उद्देश्य पूर्ण टीकाकरण से वंचित बच्चों और गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उनका टीकाकरण सुनिश्चित करना है मुख्य न्यायाधीश प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एल नारायण स्वामी ने कहा है कि निर्धन व शोषित वर्गो को न्याय दिलाना न्यायपालिका का मुख्य कार्य है वे आज शिमला के समीप प्रदेश न्यायिक संस्थान सोलह मील में एक कार्यशाला में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के माध्यम से ही शोषित वर्गों को मुख्य धारा में शामिल कर समावेशी समाज का निर्माण संभव है मुख्य न्यायाधीश ने पंचायत प्रतिनिधियों महिला मंडलों और स्वयं सहायता समूहों से अपने क्षेत्रों में लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान करने का भी आग्रह किया है त्रिलोक कपूर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने प्रदेश में भेड़ व ऊन विकास बोर्ड गठित करने पर बल दिया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भेंट के दौरान उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के गठन से भेड़ पालकों की हर तरह की समस्या का समाधान सुनिश्चित होगा त्रिलोक कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विशेष प्रयास से पहली बार पश्पालन का अलग से मंत्रालय बना है जिससे प्रदेश के भेड़ बकरी पालकों को भी व्यवसायिक दृष्टि से आगे बढ़र्ने की संभावनाएं बढ़ी हैं वीरभद्र सिंह वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को भंग करने के पार्टी हाईकमान के निर्णय को उचित ठहराया है एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश व देश में पार्टी को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती है वीरभद्र सिंह ने कहा कि पिछले करीब एक वर्ष में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी की मजबूती के लिए सराहनीय कार्य किया है उन्होंने नई कार्यकारिणी के लिए निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ताओं को ओगे लाने की सलाह दी है रामस्वरूप शर्मा सांसद रामस्वरूप शर्मा ने दूग्ध उत्पादन में मैलामाईन के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है लोकसभा में शून्य काल के दौरान उन्होंने कहा कि मैलामाईन एक धीमा जहर है और इसकी मिलावट दूध दुग्ध उत्पादों सहित कई अन्य खाद्य पदार्थों के अलावा पशु आहार में भी की जाती है रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि इन मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रयोग से गुरदे की पत्थरी और कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है उन्होंने बच्चों और पशु धन को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए इस दिशा में जल्द उचित कदम उठाने का आग्रह किया है

ऊना जिले के राजकीय विद्यालय रैंसरी के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि ऐसा करने से रसोई के ध्रुएं से मुक्त होने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बन जाएगा

उन्होंने कृटलैहड़ क्षेत्र के राजकीय विद्यालय टक्का के वार्षिक समारोह में भी विद्यार्थियों को सम्मानित किया सिंगापुर उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने आज सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त जावेद अशरफ से भेंट कर प्रदेश में कौशल विकास कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की उन्होंने राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के लिए उपलब्ध अवसरों की भी जानकारी दी गोविंद ठाकुर परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने विद्यार्थियों से प्रदेश में सड़क सुरक्षा नियमों के ब्रांड एम्बेसडर बनने का आग्रह किया है सिरमौर जिले के प्ररूवाला में आज हॉकी प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि यदि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करे तो हिमाचल चालान फी राज्य बन सकता है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों के विकास को लेकर पूरी तरह से गंभीर और प्रयासरत्त है

भारद्वाज हंसराज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण के लिए संस्कारयुक्त व नैतिक शिक्षा को बेहद जरूरी बताया है ै शिमला के घणाहट्टी में आज एक निजी स्कूल के समारोह में उन्होंने कहा कि देश के विद्यार्थियों का शिक्षा ग्रहण करने के पलायन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है दूसरी ओर विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने चंबा जिले के कोहाल और ड्रगली स्कूल में वार्षिक समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया मौसम प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है और ऊंची चोटियों पर दोपहर बाद से रूक रूक कर हिमपात हो रहा है बर्फबारी व खराब मौसम के चलते लाहौल स्पिति जिले में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से काफी नीचे चल रहा है राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में आज हल्के बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई